उन्होंने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए कहा कि भारत में लोकल खिलौनों की समृद्ध परंपरा रही है कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं जो अच्छे खिलौने बनाने में माहिर है वैश्विक खिलौना उद्योग का जिक करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें देश का हिस्सा बहत कम है भारत को अब आगे आना होगा

श्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत में एप इनोवेशन चैलेंज में युवाओं के बढ़ चढ़कर भाग लेने पर ख़्शी जाहिर की

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के हर जिले में पैदा होने वाली फसल और उसकी पोषण गुणवत्ता की जानकारी एक जगह इकट्ठी करने के लिए भारतीय कृषि कोष भी तैयार किया जा रहा है

इस पर उन्होंने स्कूली विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले सभी अनाम योद्वाओं अनसंग हीरोज पर शोध करें

प्रदेश में बारिश का दौर जारी है

जालौर झालावाड़ और सवाई माघोपुर में कल रात शुरू हुआ वर्षा का दौर आज सुबह तक जारी रहा वहीं राजधानी जयपुर में हल्की बूंदाबादी हो रही है